मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान अति मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है आज दुनिया के सबसे बड़े इस कार्यक्रम का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें संकमण का सबसे ज्यादा खतरा है बाइट जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डाक्टर्स हैं नर्सिस हैं अस्पताल में सफाई कर्मी हैं मेडिकल पेरामैडिकल स्टॉफ हैं वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है

प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनान में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है बाइट एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है इतना ही नहीं कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है ये भारत के सामर्थ्य भारत की वैज्ञानिक दक्षता भारत के टैलेंट का जीता जागता सब्रत है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हैं बाइट ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है

वहीं भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक से बनाई गई है जो भारत में बरसो से ट्राइल और टेस्टिड है श्री मोदी ने कहा कि टीके की दो खुराक देना जरूरी ह और इन दोनों के बीच लगभग एक महीने का अंतर होना चाहिए टीके की दूसरी खुराक के दो सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोविड महामारी से निपटा है उसकी दुनियाभर में प्रशंसा हुई है श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने यह उदाहरण भी पेश किया है कि केंद्र राज्य सरकारें स्थानीय निकाय और सरकारी तथा गर सरकारी संगठन किस तरह मिलजुल कर काम कर सकते हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय में टीकाकरण अभियान का अवलोकन किया

उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के प्रयासों तथा व्यवस्थाओं से इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता मिली है

उन्होंने कहा कि राज्य में अभियान के पहले चरण के दौरान डाक्टर्स नर्सेज कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों राजस्वकर्मियों सहित अन्य स्वास्थ्यकमियों का टीकाकरण होगा

डिस्पैच डॉक्टरों जिला चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को आज सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई लखनऊ में पलमोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सूर्यकांत उन लोगों में शामिल थे जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलोजी विभाग के असिस्टेंड प्रोफेसर डॉ प्रभात ने टीका लगवाने के बाद बताया कि वह पूरी तरह फिट हैं और लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दीन दयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में सबसे पहला टीका मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ वी के शुक्ला को लगाया गया प्रदेश में कई स्थानों पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नये कमांड हास्पिटल का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी

इस मौक पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना ने अपने कार्यों से हमेशा देशवासियों का हौसला बढ़ाया है

उन्होंने कहा कि अब काम करने का तरीका बदल गया है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि आज के दिन दोहरी खुशी मिली है जहां एक तरफ न्यू कमांड हास्पिटल की आधारशिला रखी जा रही है

उन्होंने कहा कि सेना के इस काम में सिविल प्रशासन द्वारा हर सहयोग दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से केवड़िया तक जाने वाली नई ट्रेन का वीडियो कांफेंसिंग के ज़रिए शुभारम्भ करेंगे आकाशवाणी से बातचीत में उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मण्डलीय रेल प्रबन्धक संजय त्रिपाठी ने कहा कि वाराणसी से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने में लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी

काशी के लोगों के लिए इसे वरदान बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा बाइट ये जो ट्रेन है यहां से बनारस से केवड़िया के लिए यह हफ्ते में तीन दिन चलेगी और कल प्रधानमंत्री जी इस गाड़ी का उद्घाटन कर रहे हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण सर्दी के मद्देनजर रैनबसेरों के सुचारू संचालन और अलाव की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है

उन्होंने कहा कि गरीबों और बेसहारा लोगों को शीतलहर के दौरान राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने रैनबसेरों की व्यवस्था की है

अलाव और रैनबसेरों के संचालन के साथ साथ जरूरतमंदों को कम्बल बांटने के काम की भी नियमित मॉनिटरिंग की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है उन्होंने कहा प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के ज़रिए लाभान्वित किया जाए

श्री योगी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने से राज्य में एक्सप्रेसवेज का एक व्यापक नेटवर्क उपलब्ध होगा

जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है वे हैं कुँवर मानवेन्द्र सिंह गोविन्द नारायण श्क्ल सलिल विश्नोई अश्वनी त्यागी डॉक्टर धर्मवीर पजापति और सुरेन्द्र चौधरी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र दव सिंह उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लक्षमण प्रसाद आचार्य और अरविन्द कुमार शर्मा के नामों की घोषणा पहले ही कर चुकी है मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित दोनों उम्मीदवार अहमद हसन और राजेन्द्र चौधरी अपने नामांकन पत्र कल दाख़िल कर चुके हैं